कांग्रेस के प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा

अठारह अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार कार्य कल शाम समाप्त हो जायेगा इस चरण में पांच संसदीय क्षेत्रों पूर्णियां भागलपुर बांका किशनगंज और कटिहार में मतदान होना है विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज कटिहार के हलफागंज में एनडीए उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया श्री दास ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है उन्होंने अररिया के पार्टी प्रत्याशी प्रदीप सिंह के समर्थन में भी चूनावी रैली को संबोधित किया वहीं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका लोकसभा क्षेत्र के सुलतानगंज में एनडीए उम्मीदवार गिरिधारी यादव के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोगों से समर्थन की अपील की लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने हाजीपुर में एनडीए उम्मीदवार पश्पति कुमार पारस के नामांकन के बाद एक चुनावी रैली को संबोधित किया हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बेगूसराय के बखरी में राजद उम्मीदवार तनवीर हसन के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने सासाराम में अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों के साथ साथ प्रदेश की सभी चालीस सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवारों की जीत का दावा किया विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कटिहार में महागठबंधन उम्मीदवार कांग्रेस के तारिक अनवर के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया बेगूसराय में सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने अपने पक्ष में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं इधर छठे और सातवें चरण के चूनाव वाले क्षेत्रों में चूनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है भाजपा के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री शकील अहमद कल मध्रबनी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे

उन्होंने पार्टी प्रवक्ता पद से भी इस्तीफा दे दिया है गौरतलब है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के तहत यह सीट विकासशील इंसान पार्टी के खाते में गयी है इधर वाल्मिकीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद सतीश चंद्र दूबे ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बाईस अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करने की घोषणा की है एनडीए में सीट समझौते के कारण निवर्तमान सांसद श्री दूबे की सीट जदयू के खाते में चली गयी है यहां से जदयू ने वैद्यनाथ प्रसाद महतो को प्रत्याशी बनाया है लोकसभा चूनाव के पांचवे चरण के लिये नामांकन पत्र भरने का काम तेज हो गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज कुल उन्नीस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया सारण संसदीय क्षेत्र से एनडीए से भाजपा उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं हाजीपूर संसदीय क्षेत्र से एनडीए की ओर से पशुपति कुमार पारस ने अपना पर्चा दाखिल किया मुजफ्फरपुर से महागठबंधन प्रत्याशी विकासशील इंसान पार्टी के राजभूषण चौधरी निषाद ने अपना पर्चा दाखिल किया सीतामढ़ी से तीन लोगों ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है मध्रबनी लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी के बद्री कुमार पूर्वे और दो अन्य स्वतंत्र उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया इस चरण के तहत नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि अठारह अप्रैल निर्धारित है द्रसरे चरण के मतदान के दिन पांचों संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किये जा रहे हैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिये पूर्णिया में हेलीकाप्टर तैनात रहेगा और एक एयर एम्बुलेंस को भी पटना में अलर्ट पर रखा गया है वहीं एक सौ साठ मतदान कोन्द्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का प्रसारण किया जायेगा इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास कल पटना में विभिन्न जिलाधिकारियों और प्रलिस अधीक्षकों के साथ सातवें चरण की चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में दो सप्ताह बाद होगी सीबीआई की ओर से वकील नियुक्त करने के लिये समय की मांग की गयी थी कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मुकाबला मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच होने के आसार हैं

मुख्य मुकाबला निवर्तमान सांसद व महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर और एनडीए गठबंधन के जदयू प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी के बीच माना जा रहा है

आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी वैशाली जिले के गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के गरदनिया चौक के पास अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप कर्मी से लगभग पौने दस लाख रूपये लूट लिये पेट्रोल पंपकर्मी बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था इधर सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र के पचटकी यद् गांव में हथियारबंद अपराधियों ने एक बैंक के ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक की हत्या कर लगभग पांच लाख रूपये लूट लिये बिहार झारखंड सीमा पर गिरिडीह जिले में आज सीआरपीएफ के साथ मुठभेड में तीन नक्सली मारे गये इस घटना में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया यह इलाका राज्य के जमुई जिले से सटा हुआ है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है इस दौरान धूल भरी आंधी भी चल सकती है विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय हो जाने से मौसम के रूख में परिवर्तन आयेगा पिछले चौबीस घंटों के दौरान बयालीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा देश में इस बार मॉनसून की सामान्य वर्षा होने की संभावना है भू विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम राजीवन ने बताया कि जून से सितम्बर के बीच लगभग छियानवे प्रतिशत बारिश होगी उन्होंने कहा कि इस बार मॉनसून पर अलनीनो का कोई प्रतिकूल असर नहीं देखा जायेगा बिहार लोकसेवा आयोग की चौंसठवीं संयूक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज पटना में आयोग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया बक्सर जिले के सदर प्रखंड के करहंसी गांव में अगलगी की घटना में लगभग पचास मवेशियों की जलकर मौत हो गयी इस घटना में पैंतालीस घर भी जलकर नष्ट हो गये अंचलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि क्षति का आकलन किया जा रहा है वहीं रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड अंतर्गत भानस नदौवा चौबेपूर और फलुआही समेत आधा दर्जन गांवों में हजारो एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गयी दूसरी तरफ शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के सुमका गांव में आग लग जाने से लगभग पैंतीस बीघा खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गयी मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के तेहवारा चचरी गांव में लोगों ने एक तेंदुए को पीट पीटकर मार डाला यह तेंदुआ जंगल से भटककर गांव में घुस आया था और हमला कर आठ लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था घायलों में दो लोगों को इलाज के लिये दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है इस मामले में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर गांव में एक हिन्दी दैनिक के पत्रकार के पुत्र की हुई हत्या के मामले में फोरेंसिंक जांच टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाये हत्या के आरोपियों की तलाश के लिये खोजी कृत्तों की भी मदद ली जा रही है जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र से एसटीएफ की टीम ने एक लाख रूपये के इनामी नक्सली बहादुर कोड़ा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है

वैशाली जिले के महुआ बाजार से पुलिस ने एक ट्रक से बीस लाख रूपये मुल्य की शराब बरामद की है मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है

कांग्रेस के प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा